परियोजना में सोहना मानेसर और खरखौदा को भी शामिल किया गया हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के लिए गये अध्यादेशों से किसान या आढ़ती का कोई अहित नहीं होगा हरियाणा की मुख्य सचिव ने सभी जिलों में कोविड नियंत्रण केन्द्र कायम करने और मरीज़ों को समय पर ऑक्सीजन व दवा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये

आर्थिक मामलों बारे मंत्रिमंडलीय समिति ने पलवल से सोनीपत रेल गलियारा परियोजना को मंजूरी दी है इसमें सोहना मानेसर खरखौदा को शामिल किया गया है यह रेल पटरी पलवल से दिल्ली अम्बाला रेलमार्ग पर स्थित हरसाना कलां रेलवे स्टेशन तक बिछाइ जायेगी यह गलियारा दिल्ली रेवाड़ी मार्ग पर स्थित पतली स्टेशन गढ़ी हरसरू फारूखानगर मार्ग पर स्थित स्स्तान और दिल्ली रोहतक रेल मार्ग असौधा स्टेशनों को भी जोड़ेगा हमारे संवाददाता ने बताया कि रेल मंत्रालय और हरियाणा सरकार की यह परियोजना हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम द्वारा लगाई जायेगी

इस रेल पटरी से बनने से हरियाणा के पलवल नूहं गुरूग्राम झज्जर और सोनीपत जिले लाभान्वित होंगे

म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ पहुंचकर अपना कार्यभार संभाल लिया है आज अपने निवास पर वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति का जायज़ा लिया और कई दिशा निर्देश जारी किये बैठक में पिंजौर में फिल्म सिठी बनाने की परियोजना तैयार करने अवैध खनन पर नज़र रखने के लिए ड्रोन किराये पर लेने कृषि माल को खोलने जैसे कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गये मुख्यमंत्री ने खरीफ फसल की खरीद के प्रबंधों का जायज़ा भी लिया और परिवार पहचान पत्र को मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के साथ जोड़ेने की निर्देश भी दिये म्ख्यमंत्री ने बताया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करने वाले किसानों से मंडी में फसल लाने के लिए उनके अनुसार उपयुक्त तिथि और फसल की अदायगी आढ़तियों या सीधे लेने बारे विकल्प लिया जायेगा हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचन्द शर्मा ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए लाए गए तीन अध्यादेशों से किसान या आढ़ती का किसी तरह का अहित नहीं होगा बल्कि इनसे किसानों को अपनी फसल बेचने के और अधिक विकल्प मिलेंगे इन अध्यादेशों में न्यूनतम समर्थन मूल्य सम्बधी कानून से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था ज्यों की त्यों लागू रहेगी सरकारी खरीद पर इसका भी कोई असर नहीं पड़ेगा चंडीगढ़ में जारी एक बयान में श्री शर्मा ने कहा कि विपक्ष इन अध्यादेशों के बारे में तरह तरह की भ्रान्तियां फैलाकर किसानों और आढ़तियों को ग्मराह करने का प्रयास कर रहा है परिवहन मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने तो अब खरीफ की फसल की खरीद की सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं

किसान इन केन्द्रों पर जाकर अपनी फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच सकते हैं इनेलो ने केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये कृषि सम्बधी तीन अध्यादेशों एवं पीपली में किसानों पर हये लाठीचार्ज के विरोध में रोष प्रदर्शन करने का फैसला लिया है

हरियाणा की मुख्यसचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने सभी सिविल सर्जन को जिला नियंत्रण कायम करने के निदर्देश दिये है जाकि मरीज़ों को समय पर उपचार उपलब्ध हो और उन्हें इंतजार न करना पड़े

उन्होंने मरीज़ों को समय पर आक्सीजन व दवाओं की उपलब्धता स्निश्चित करने के निर्देश भी दिये श्रीमती अरोड़ा ने कहा कि मेडिकल कालेज और जिला अस्प्ताल एक टीम की तरह कार्य करे ताकि तृतीय स्तरीय देखभाल केन्द्रों में रैफरल मरीज़ों को देखभाल स्निश्चित हो सके और कोविड से होने वाली मौतों में कमी लाई जा सके इसके अलावा उन्होंने स्वस्थ हो चुके कोविड मरीज़ों का बाद मे भी पता रखना स्निश्चित करने जांच के लिए नमूने लेने वाले केन्द्रों पर अनावश्यक भीड़ न ज्टाने के निर्देश भी दिये और सिविल सर्जन को कोविड मृत्य् घरों में एकांतवास में रखे मरीज़ों और क्ल मरीज़ों की संख्या व नये मरीज़ो से सम्बधित दैनिक रिपोर्ट म्ख्यालय को भेजने की हिदायत भी की उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा अच्छा काम किया जा रहा है लेकिन निकट भविष्य में कोविड के कारण उत्पन होने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए और मेहनत की जरूरत है

पंचकूला नागरकि अस्प्ताल के डा मनकीरत ने बताया कि आज इस संक्रमण से चार मरीज़ों की मृत्यु भी हुई है

जिलाधीश अजय क्ामर ने बताया कि शिव नगर कालोनी और हालू मोहल्ला क्षेत्र कंटेनमेंट ज़ोन से म्क्त कर दिया गया है

जिले मे दो कोविड मरीज़ों की मृत्य् भी हुई है

हमारे संवाददाता ने बताया कि भूना क्षेत्र में जांडली खजूरी मार्ग पर एक मोटर साइकल सवार को एक किलो दस ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया है उसे एक दिन के प्लिस रिमांड पर लिया गया है आरोपी की पहचान गोरखप्र निवासी सोनू क्मार के तौर पर हुई है

अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में हिसार जेल में भेज दिया है